भारत और पाकिस्तान के सारे इशूज जो बायलेटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इसके लिए कष्ट नही देते हैं

हम मिल जुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते है और समाधान भी कर सकते हैं डॉनल्ड ट्रंप ने भारत के रुख का समर्थन करते हुए कहा कि कश्मीर का मुद्दा एक द्विपक्षीय मामला है और दोनों देशों को इसे आपस में मिलकर सुलझाना चाहिए विदेश सचिव वियज गोखले ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच कश्मीर पर कोई बात नहीं हुई

राज्य विधानसभा के मंत्रियों और विधायकों एवं उनके पी एस तथा पी ए के लिए आगामी पांच और छह सितंबर को विधान सचिवालय में एक ओरिएनटेशन कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा इस कार्यक्रम को संसदीय अध्ययन एवं प्रशिक्षण ब्यूरो लोक सभा सचिवालय केंद्रीय संसदीय मामला मंत्रालय और राज्य विधानसभा द्वारा संयुक्त रुप से आयोजित किया जायेगा देशव्यापी जल शक्ति अभियान में तीन करोड़ सत्तर लाख से अधिक लोग शामिल हुए एक जुलाई से सरकार ने कम पानी वाले जिलों को ध्यान में रखकर इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की

कैबिनेट सचिव प्रदीप कुमार सिन्हा ने जल शक्ति अभियान के अंतर्गत अब तक किए गए कार्यों की समीक्षा की उन्होंने जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान को जनांदोलन बनाने में मदद करने वाले अधिकारियों के प्रयासों और प्रतिबद्धताओं की सराहना की इस बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अधिकारियों को कहा कि वे जल की वर्तमान तकनीकी को लागू करें और जल संरक्षण करने वाले इस्त्रायल जैसे देशों से सबक ले उन्होंने कहा कि भारत को बदलने में और जल संरक्षण में हर व्यक्ति कैसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हाल ही में जल शक्ति अभियान टीम द्वारा दापोरिजो का दौरा कर विभिन्न जल संरक्षण परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात कर विभिन्न विकास संबंधित मुद्दों एवं विद्युत और निवेश पर विशेष ध्यान देने पर चर्चा की राज्यपाल ने राज्यभर में चल रहे परियोजनाओं विशेषकर केंद्र प्रायोजित योजनाओं एवं कार्यक्रमों पर नियमित निगरानी पर जोर दिया उन्होंने कार्यान्वयन एजेंसी से नीधि का सही उपयोग करने और पारदर्शीता एवं जबावदेही के साथ कार्य पूरा करने को कहा है उप मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में जानकारी दी नेशनल पीपुल्स पार्टी एन पी पी की राज्य इकाई के नव नियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष पानी तारांग ने राज्य में पार्टी के गतिविधियों को मजबूत करने में हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है पूर्व विधायक पानी तारांग को एन पी पी राज्य इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष निय्रक्ति संबंधित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही